प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ आर्थिक अभियान नहीं है बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय चेतना है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देश के गांव गांव तक पहुंच रहा है आत्मनिर्भरता की पहली शर्त होती है अपने देश की चीजों पर गर्व होना अपने देश के लोगों द्वारा बनाई वस्तुओं पर गर्व होना जब प्रत्येक देशवासी गर्व करता है प्रत्येक देशवासी जुड़ता है तो आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक आर्थिक अभियान न रहकर एक नेशनल स्प्रिट बन जाता है जब आसमान में हम अपने देश में बने फाइटर प्लेथ्न तेजस को कलाबाजियाँ खाते देखते हैं जब भारत में बने टैंक भारत में बनी भिसाइलें हमारा गौरव बढ़ाते हैं जब समृद्ध देशों में हम मेट्रो ट्रेन के मेड इन इंडिया कोचेस देखते हैं जब दर्जनों देशों तक मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन को पहुँचते हुए देखते हैं तो हमारा माथा और ऊंचा हो जाता है हर क्षेत्र में हमें इस गौरव को बढ़ाना होगा जब हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तभी सही मायने में आत्मनिर्भर बन पाएंगे बिहार में बेतिया के प्रमोद का उदाहरण देते हुए श्री मोदी ने बताया कि वे दिल्ली में एलईडी बल्ब बनाने वाले एक कारखाने में तकनीशियन थे लेकिन कारोना महामारी की वजह से उन्हें घर वापस लौटना पड़ा

प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में गढ़मुक्तेश्वर के संतोष का भी जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना महामारी की वजह से जब सब कुछ ठप हो गया था तो संतोष और उनके परिवार ने चटाई बनाने के अपने पुश्तैनी हुनर का इस्तेमाल करना शुरू किया आज उन्हें न सिर्फ उत्तर प्रदेश से बल्कि अन्य राज्यों से भी चटाई बनाने के काम मिलने लगा है प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत के किसानों ने चिया सीड़स की खेती करके इसके उत्पादन में आत्मनिर्भर होने की चुनौती स्वीकार कर ली है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के हरिश्चन्द्र का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा आजकल चिया सीड्स का नाम आप लोग बहुत सुनते होंगे हेल्थ एवेयरनेस से जुड़े लोग इसे काफी महत्व देते हैं और दुनिया में इसकी बड़ी मांग भी है भारत में इसे ज्यादातर बाहर से मगाते हैं लेकिन अब चियाँ सीड़स में आत्मनिर्भरता का बीड़ा भी लोग उठा रहे हैं

चिया सीड़स की खेतीं उनकी आय भी बढ़ाएगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान में मदद भी करेगी

प्रधानमत्री ने पानी के संरक्षण की आवश्यकता पर भी जोर देते हुए कहा कि जल संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है पानी को लेकर हमें इसी तरह अपनी सामूहिक जिम्मेदारियों को समझना होगा भारत के ज्यादातर हिस्सों में मई जून में बारिश शुरू होती है

हम अभी से जूटेंगे हम पहले से जो रेन वॉटर हारवेस्टिंग सिस्टम है उन्हें दुरुस्त करवा लेंगे गांवो में तालांबो में पोखरों की सफाई करवा लेंगे जलस्त्रोतों तक जा रहे पानी के रास्ते की रुकावटें दूर कर लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वर्षा जल का संचयन कर पायेंगे श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश की आराध्या के पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया में लाखों लोग अपने जीवन का काफी बड़ा हिस्सा पानी की कमी को दूर करने में बिताते हैं प्रधानमंत्री ने स्कूल कॉलेजों की परीक्षाओं का भी जिक्र किया आने वाले कुछ महीने आप सब के जीवन में विशेष महत्व रखते हैं अधिकतर युवा साथियों के एग्जााम्स परिक्षाए होंगी आप सब को याद है ना वॉरियर बनना है वरियर नहीं हँसते हुए एग्जा म देने जाना है और मुस्कुराते हुए लौटना है किसी और से नहीं अपने आप से ही स्पर्धा करनी है पर्याप्त नींद भी लेनी है और टाइम मैनेजमेंट भी करना है खेलना भी नहीं छोड़ना है क्योंकि जो खेले वो खिले रिवीजन और याद करने के स्मार्ट तरीके अपनाने हैं यानी कल मिलाकर इन एग्जा म्सज में अपने बेस्टी को बाहर लाना है श्री मोदी ने लोगों से कोरोना महामारी से सतर्कता बरतने में कोई ढिलाई नहीं करने का भी आग्रह किया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के एक गाइड द्वारा भेजे गए क्लिप को साझा करते हुए श्री मोदी ने बताया कि वे संस्कृत में सरदार पटेल के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं माघ के महीने का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह महीना आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व का महीना है उन्होंने कहा कि कल माघ पूर्णिमा के दिन संत श्री रविदास जी की जयंती मनाई गई उन्होंने कहा कि संत रविदास ने सामाजिक बुराइयों के बारे में खुलकर अपने विचार व्यक्त किये और लोगों को सही रास्ता दिखाया

मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चोलापुर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का श्रभारम्भ किया इस अवसर पर उन्होंने सचल चिकित्सा इकाई वाहनों फागिंग मशीन वाहनों और एन्टी लावा स्प्रे टीमों को हरी झण्डी दिखाकर गॉवों के लिए रवाना किया प्रदेश भर में संचारी रोग नियंत्रण अभियान एक मार्च से इकत्तीस मार्च तक चलाया जायेगा अभियान का शुभारम्भ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संचारी रोगों और दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण और उनका त्वरित और सही उपचार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना को मात देने के बाद राज्य सरकार मस्तिष्क ज्वर और संचारी रोगों के खिलाफ नया अभियान शुरू कर रही है

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद पिछले चार वर्षो में संचारी रोगों में पछत्तर प्रतिशत की कमी तथा इससे होने वाले मौतों में पनचान्नबें प्रतिशत की कमी आयी है प्रदेश में दस मार्च से दस्तक अभियान चलाया जायेगा चौबीस मार्च तक चलने वाले इस अभियान में आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से दिव्यांग और कुपोषित बच्चों की सूची तैयार की जायेगी और लोगों को विभिन्न बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक किया जायेगा प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान राज्य में कोरोना के मात्र सौ मामले सामने आये हैं वहीं एक सौ तेतालिस लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने आज लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि सर्विलांस कान्ट्रैक्ट ट्रेसिंग से कोविड नियंत्रण में सफलता मिल रही है